साइबराबाद के पुलिस आयुक्त सज्जनार ने चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की है शुरुआती खबरों में बताया गया है कि पुलिस अपराध की छानबीन के लिए चारों आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई थी जहां आरोपियों ने भागने की कोशिश की बार बार चेतावनी के बावजूद जब आरोपी नहीं रुके तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसमें चारों आरोपी ढेर हो गए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क गठित करने और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए निर्भाया कोष से सौ करोड़ रुपये आवंटित किए हैं यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित की जाएगी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि महिला हेल्प डेस्क पुलिस थाने को महिलाओं के लिए और अधिक सहायक और सुगम बनाने पर केंद्रित होगा और पुलिस चौकी पहुंचने वाली किसी महिला के लिए प्रथम और एकल संपर्क केंद्र होगा इन सहायक डेस्कों पर अनिवार्य रुप से महिला पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे हेल्प डेस्क पर तैनात पुलिसकर्मियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने का प्रशिक्षण दिया जाएगा सहायता डेस्कों में वकीलों मनोवैज्ञानिकों और गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ सूचिबद्ध रहेंगे ताकि महिलाओं को कानूनी सहायता परामर्श आश्रय पूर्नवास और प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया कराई जा सके अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के दोरजी खांडू सभागार में पंचायत चुनाव पर फेस टू फेस परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया पंचायत चुनाव पार्टी लाइन पर होना चाहिए या बिना पार्टी लाईंस के इस ज्वलंत मुद्दे पर राज्य विधानसभा के सदस्यों राजनीतिक सामाजिक या अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में जल्द पंचायत चुनाव को देखते हुए यह विषय काफी मायने रखता है राजधानी क्षेत्र ईटानगर में राज्य स्तरीय आरोग्य मेला लगा हुआ है केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से आठ दिसंबर तक चलने वाले इस मेले का आयोजन राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है आरोग्य मेले का उद्घाटन करते हुए राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवारिक कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कहा कि आयुष विभाग द्वारा लोगों के बीच आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज के फायदे के बारे में जनजागरुकता पैदा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर अनेक औषधीय पौधे उपलब्ध है जिनके माध्यम से बहत सी बीमारियों का कारगर और सस्ता इलाज किया जा सकता है इस मेले के महत्व के बारे में आयुष विभाग के उपनिदेशक नेन्नडिंग लाजी ने बताया कि इस मेले में केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री के वार्तालाप कार्यक्रम की तीसरी कड़ी परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस के सिलसिले में कक्षा नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए लघु निबंध प्रतियोगिता घोषित की है यह कार्यक्रम अगले वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित करने का प्रस्ताव है प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां भेजने का सिलसिला पहले ही इस महीने की दो तारीख से शुरु हो चुका है जिन विद्यार्थियों के निबंध और प्रश्नों को सर्वोत्तम समझा जाएगा उन्हें परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस में हिस्सा लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्तालाप का अवसर मिलेगा इस कार्यक्रम में देशभर से कुल दो हजार विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे

राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के चौसठवें महा परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने आज संसद भवन में पुष्पाजंलि कार्यक्रम आयोजित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला प्रर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तावर चंद गहलोड संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और सांसदो ने भी डॉ आंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन आर्पित किये आदि जनजाति कृषि आधारित त्योहार पोदी बार्बी राज्य भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मुख्य रुप से शी ओमी जिले में निवास करने वाले आदी जनजाति लोगों का यह प्रमुख त्योहार है राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित पोदी बार्बी उत्सव में स्थानीय जनतातिय टोलियों ने लोकनृत्य प्रस्तुत किया